प्रारंभिक जांच में उनकी पत्नी में भी कोरोना के लक्षण पाये गये हैं और इसकी पुष्टि के लिए उनका सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया है

उन्होनें बताया कि रेपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है जो इस दल के संपर्क में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं

चिकित्सा मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार अपने स्तर पर इस रोग के फैलाव को रोकने जांच और उपचार के सभी संभव प्रयास कर रही है उन्होंने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट तथा मास्क खरीदे जा रहे हैं प्रदेश के सात मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जांच की सुविधा शुरू की जा रही है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस वायरस के बारे में जनजागरूकता बहुत जरूरी है भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए और जिन लोगों में इसके लक्षण हैं उन्हें अलग रहना चाहिए चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस गंभीर मामले पर पूरा सदन सरकार के साथ है उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को और व्यापक प्रयास करने चाहिए

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस सलाह को देखते हुए उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग न लेने का फैसला किया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतिहाती उपायों की सूची जारी की है इसके तहत लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है

बोर्ड ने परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग एवं नकल रोकने के लिए तीन स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए हैंजबकि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी

प्रश्नकाल में श्री मेघवाल ने कहा कि संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा प्रभावित काश्तकारों की सुची विभाग को भेजी जाती है